सरकारी विद्यालयों में कक्षा नौंवी से बारहवीं तक के सामान्य श्रेणी के विद्यार्थियों को भी छात्तवृति योजना का लाभ देने का सरकार ने लिया निर्णय राज्य के सभी पंचायतों में कोरोना टीकाकरण के लिए आज से लगाया है विशेष शिविर लोगों का निपुल्क किया जा रहा है टीकाकरण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

राज्य के पचास हजार परिवारों को पशुधन योजना से जोड़ने और रेशम तथा लाह की खेती को कृषि का दर्जा देने की तैयारी सरकार ने शुरू कर दी है मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने कल विधानसभा में यह जानकारी दी उन्होंने सदन को बताया कि सरकार राज्यवासियों को सौ यूनिट बिजली मुफ्त देगी इसके लिए ऊर्जा विभाग से रिपोर्ट मांगी गई है

उन्होंने कहा कि मध्याह भोजन योजना के तहत विद्यार्थियों को अब सप्ताह में तीन दिन अंडा मिलेगा श्री सोरेन ने कहा कि सरकार युवाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाएगा राज्य सरकार ने सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे सामान्य श्रेणी के विद्यार्थियों को भी छात्रवृति योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है यह छात्रवृति कक्षा नौ से बारहवीं तक के विद्यार्थियों को मिलेगी शिक्षा विभाग ने छात्रवृति के लिए दस करोड़ रुपए का प्रावधान किया है मुख्यमंत्री छात्रवृति योजना के तहत कक्षा नौ तथा दस के विद्यार्थियों को सालाना एक हजार पांच सौ रुपए और कक्षा ग्यारवीं तथा बारहवीं के विद्यार्थियों को सालाना दो हजार तीन सौ रुपए छात्रवृति मिलेगी गौरतलब है कक्षा आठ तक के सामान्य विद्यार्थियों को पिछले वित्तीय वर्ष से ही छात्रवृति योजना का लाभ मिल रहा है इस तरह अब कक्षा एक से बारहवीं कक्षा तक के सभी विद्यार्थी छात्रवृति योजना के दायरे में आ गए हैं राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में भर्ती मरीजों को एक अप्रैल से प्रतिदिन एक सौ रुपए के हिसाब से भोजन दिया जाएगा वहीं बर्न टीबी और कैंसर के मरीजों को प्रतिदिन एक सौ पच्चीस रुपए का भोजन मिलेगा स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया कि मरीजों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए भोजन मद की राशि को पचास रुपए से बढ़ाकर एक सौ रुपए किया गया है राज्य में दाखिल खारिज से संबंधित विवादों के समाधान के लिए अप्रैल महीने से सभी अंचलों में विशेष शिविर लगाए जाएंगे मंत्री जोबा मांझी ने कल विधानसभा में विधायक किशुन कुमार दास के सवाल का जवाब देते हुए यह जानकारी दी उन्होंने कहा कि इस बावत सभी प्रमंडलीय आयुक्त को आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं श्री दास ने सदन में कहा कि अंचल कार्यालयों में कंप्यूटर ऑपरेटरों द्वारा जमीन संबंधी विवरण की एंट्री के दौरान कुछ सूचनाओं को दर्ज करने में चूक से रैयतों को जमीन का दाखिल खारिज कराने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है

सताईस मार्च तक तीन चरणों में लगने वाले इस शिविर में साठ वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों और कैंसर मधुमेह किडनी रोग जैरी गंभीर बीमारियों से ग्रसित पैंतालीस वर्ष से ज्यादा उम्र के व्यक्तियों को निःशुल्क टीका लगाया जा रहा है पहला चरण कल तक चलेगा वहीं दूसरा चरण तेइस और चौबीस मार्च और अंतिम चरण में छब्बीस तथा सताइस मार्च को शिविर लगेगा इधर राज्य में अब तक छह लाख बाइस हजार सात सौ अड़तीस लोग टीके की पहली डोज ले चुके हैं इनमें तीन लाख बिरासी हजार आठ सौ इक्तालीस हेल्थ और फ्रंटलाईन वर्कर्स हैं वहीं साठ साल से ज्यादा उम्र के लोगों की संख्या दो लाख आठ हजार छह सौ सात और विभिन्न बीमारियों से ग्रसित पैंतालीस साल से ज्यादा उम्र के इकतीस हजार दो सौ नब्बे लोग शामिल हैं दूसरा डोज ले चुके हेल्थ और फ्रंट लाइन वर्कर्स की कुल संख्या दो लाख तीन हजार सात तौ तीन है

इस बीच देश में कोविड से ठीक होने वालों की दर छियान्बे दशमलव एक दो प्रतिशत हो गई है

गोड्डा जिले के छब्बीस हेत्थ एंड वेलनेस सेंटर में कोरोना टीकाकरण का कार्य चल रहा है आज से सभी पंचायत भवनों में भी लोगों को कोरोना टीका लगाया जा रहा है वहीं ललमटिया इलाके में बिना मास्क लगाए बाइक चलाने वालों का चालान काटा गया जिला प्रशासन द्वारा कोरोना से बचाव को लेकर लोगों को जागरुक किया जा रहा है

श्री मोदी ने लोगों से इस कार्यक्रम में अपने विचार साझा करने का आग्रह किया है लोग अपने विचार नमो एप या माईगोव ओपन फोरम पर साझा कर सकते हैं वे टोल फ्री नम्बर एक आठ आठ शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर भी डायल कर हिन्दी या अंग्रेजी में अपने संदेश रिकॉर्ड कर सकते हैं लोग एक नौ दो दो पर मिस्ड कॉल भी दे सकते हैं और एसएमएस पर प्राप्त लिंक के जरिए प्रधानमंत्री को अपने सुझाव सीधे भेज सकते हैं

ये विभाग और संगठन भारत सरकार की परियोजनाओं के कार्यान्वयन से जुड़े हैं ये तलाशी यह पता लगाने के लिए की गई कि इन कार्यालयों द्वारा दी जा रही सेवाओं में अथवा परियोजना के कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है सीबीआई ने इसके लिए भारतीय खाद्य निगम रेलवे बीएसएनएल जीएसटी डाक विभाग सीएसडी गोदाम नॉर्थ कोल फील्ड्स लिमिटेड इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन सीपीडब्ल्यूडी और सैन्य इंजीनियरिंग सेवा परिसर की तलाशी ली ये तलाशी रांची और धनबाद समेत शिलांग अगरतला गुवाहाटी इम्फाल आगरा इलाहाबाद अहमदाबाद गांधीनगर गोवा कोयम्बट्र मनाली मुंबई हावड़ा दिल्ली बेंगलूरू हैदराबाद जयपुर विशाखापत्तनम पटना और कोचीन स्थित कार्यालयों में ली गई बोकारो जिले के बालीडीह थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध शराब के साथ पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया इनके पास से नकद सैंतालीस हजार रुपए और पांच मोबाइल फोन भी पुलिस ने बरामद किए हैं मुख्यालय पुलिस उपाधीक्षक ने बताया कि एक कार से अवैध शराब की खेप को बिहार ले जाया जा रहा था इसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने छापेमारी कर शराब के साथ तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है उधर साहिबगंज जिले के मिर्जाचौकी स्टेशन पर अजीमगंज पैसेंजर ट्रेन से एक सौ छत्तीस बोतल अवैध शराब के साथ दो महिलाओं को रेलवे सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार किया है पलामू जिले गर्मी के दस्तक देते ही जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ गई हैं इसे देखते हुए वन विभाग ने अलर्ट जारी किया है

पक्षी प्रेमी मोहम्मद दिलावर द्वारा स्थापित नेचर फॉरएवर सोसाइटी ने गोरैया संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं कीटनाशकों के बढ़ते उपयोग भवन निर्माण शैली में बदलाव बगीचों के अभाव और मोबाइल और टीवी टावरों से हो रहे विकिरण के कारण पिछले कुछ वर्षों में गोरैयों की संख्या तेजी से घटी है

इस मौके पर स्कूली विद्यार्थियों के बीच पेंटिंग प्रतियोगिता और क्विज के अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ

इस परीक्षा में लगभग सात लाख ग्यारह हजार परीक्षार्थी शामिल हुए थे जिनमें एक लाख सताईस हजार से ज्यादा को सफलता मिली है

इनके इलाज के मद में करीब दो सौ संतान्बे करोड़ खर्च हुए है

कल झारखंड ने केरल को चौदह गोल से पराजित कर दिया

जुर्माना नहीं देने पर तीनों दोषियों को पच्चीस पच्चीस माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी